विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रवासी कामगारों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इक्कीस हजार से अधिक राहत शिविर बनाये गये हैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान छह लाख से अधिक लोगों को इन शिविरों में शरण दी जा सकेगी नई दिल्ली में संवादाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेईस लाख से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि छत्तीस घंटे के अभियान में दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित आलमी मरकज आज सवेरे खाली करा दिया गया है श्री सिसोदिया ने चिकित्सा कर्मचारियों प्रशासन पुलिस और डीटीसी कर्मचारियों की सराहाना की इस अभियान में दो हजार तीन सौ इकसठ लोगों को वहां से निकाला गया जिसमें से छः सौ सत्रह को हॉस्पिटल ले जाया गया है बाकी को क्वारेंटाइन किया गया

उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन से संबंधित अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी इस बीच दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन तबलीगी जमात मरकज के मौलाना साद और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है इन लोगों पर सरकारी निर्देशों के उल्लंघन का आरोप है

दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज के कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेकर राज्य में लौटे पन्चानबे प्रतिशत लोगों की पहचान कर ली गई है केवल दस से बारह लोगों की पहचान की जानी बाकी है इसके लिए जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं इस बीच राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की सभी दुकानों से निःशुल्क अनाज का वितरण शुरू कर दिया है आज सुबह छः बजे से पूरे प्रदेश में राशन के वितरण की शुरुआत हो गई और ये प्रक्रिया रात नौ बजे तक चलेगी अन्योदय बीपीएल कार्ड धारकों के साथ ही मनरेगा कामगारों और पंजीकृत मजदूरों को मुफ्त में राशन दिया जायेगा जो लोग घर पर ही अलग थलग हैं उन्हें राशन उनके घर तक पहुंचाया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी करने के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वो मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते समय धैर्य रखने की सलाह दी गयी है आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि ये बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचने और मेहमानों को न बुलाने का भी परामर्श दिया गया है लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और लगातार हाथ साफ करते रहने को कहा गया है अपने हाथों को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक साबुन पानी से धोने की भी सलाह दी गयी है खासी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को दूसरों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शुन्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शुन्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं मऊ में अन्य राज्यों और जनपदों से आए एक सौ सत्रह लोगों को क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया है पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि अलग अलग जमातों के ये लोग चोरी छिपे जनपद में आकर रह रहे थे उन्होंने बताया कि इनमें से पंद्रह लोग पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन भी गए थे सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और किसी में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं मिले हैं श्री आर्य ने कहा कि दूसरे जनपदों से आने वालों की सूचना प्रशासन को न देने और उन्हें अपने यहां रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा उधर बस्ती जिले में दिल्ली के निजामुद्दीन से लौटे एक ही गांव के सत्रह लोगों को प्रशासन ने क्वारंटीन किया है

इस केंद्र में दूसरे राज्यों और जनपदों से आए हुए ग्यारह लोगों को चौदह दिनों तक एहतियातन रखा गया है जिलाधिकारी ने केंद्र पर सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं